कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

अब समाचार विस्तार से बजट सव राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज बजट पास होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया

पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट सत्र कोरोना महामारी जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों में भी शांतिपूर्वक सम्पन्न हआ सदन की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हई उन्होंने पक्ष और विपक्ष के सभी मसदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान सदन के भीतर प्रश्नकाल में सदस्यों द्वारा प्छे गये सभी तारांकित प्रश्न निश्चित समायावधि में उत्तरित हुए उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार विधानसभा सत्र की कार्यवाही को उत्तराखंड डीआईपीआर फेसब्क पेज में लाइव दिखाया गया गैरसैंण में बजट सत्र के आज छठे और आखिरी दिन विपक्ष ने शोर शराबा किया हालांकि सदन की कार्यवाही प्रभावित नहीं हुई और बजट को पारित कर दिया गया स्बह सदन की कार्यवाही श्रू होने से पहले कांग्रेस के सदस्यों ने हरिदवार कृंभ में हो रहे कार्यों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच की मांग को लेकर विधानभवन के बाहर धरना दिया बाद में सदन में कांग्रेस के प्रीतम सिंह और काजी निजाम्द्दीन ने कोरोना के म्ददे पर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया प्रीतम सिंह ने हाल ही में हए लाठीचार्ज का म्दृदा उठाते हए सरकार से आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज म्कदमे स्थगित करने की मांग की सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि मामले की मजिस्टीरियल जांच हो रही है जांच रिपोर्ट आने तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होगी यह निर्देश दिए गए हैं सदन ने चर्चा के उपरांत बजट को पारित कर दिया बीजेपी बैठक देहराद्न में आज भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्र्प की बैठक हई बैठक में पार्टी हाईकमान की ओर से बनाए गए पर्यवेक्षक भाजपा प्रदेश प्रभारी द्वष्यंत क्मार गौतम और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह शामिल हुए बैठक के समापन के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पत्रकारों को बताया कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा बैठक में त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल को चार साल प्रे होने पर चर्चा की गई

सरकार की ओर से इस दिन प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सांसद अजय भट्ट और सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे एयरबैग अनिवार्य सरकार ने अब गाड़ियों में चालक के साथ वाली सीट के लिए भी एयरबैग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है अधिसूचना के अन्सार इस वर्ष एक अप्रैल से तैयार किए जाने वाले नये मॉडलों में चालक के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिये भी एयर बैग की व्यवस्था करनी होगी

चालक के साथ वाली यात्री सीट पर एयरबैग न होने से द्वर्घटना की स्थिति में जोखिम बढ़ जाता है मंत्रालय की अधिसूचना सड़क स्रक्षा पर उच्चतम न्यायालय की समिति के सुझावों पर आधारित है पूर्व सैनिक वैक्सीनेशन देश में पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के परिजनों को कोविड के टीके लगाने का काम अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है टीकाकरण की यह सुविधा सेना के अस्पतालों में उपलब्ध होगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है सेना के सूत्रों ने बताया कि टीकाकरण से पहले चिकित्सा सुविधा केंद्रों का कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया जाएगा और इसके बाद टीके लगाने का काम श्रू किया जाएगा इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश एक दो दिन में जारी कर दिए जाएंगे

बैठक में समिति ने नई टिहरी और घनसाली में आयोजित हो रहे मेलों में कोरोना को लेकर प्ख्ता तैयारियां नहीं किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को शासन दवारा मेलों के संबंध में जारी एसओपी का शत प्रतिशत अनुपालन करने को कहा है उन्होंने यह भी कहा कि दिशा निर्देशों की अनदेखी करने पर अगर कोरोना संक्रमण फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी मेला आयोजन समिति की होगी

सांसद ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने दूरसंचार रेलवे और बैंक दवारा किये जा रहे का कार्यों संज्ञान लिया सांसद रावत ने जिले की सड़कों की स्थिति को निराशाजनक बताया और इस में स्धार करने के निर्देश दिये

जिला प्रशासन की तैयारियां भी अंतिम चरण में है

महाकृभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने बताया कि कृंभ मेले के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी बजट के अन्रूप सभी जरूरी निर्माण कार्य करा लिए गए हैं नए प्ल और कई किलोमीटर लंबे घाट और आस्था पथ के निर्माण के साथ साथ हरिद्वार के सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया गया है रात को प्रे मेला क्षेत्र को रंगबिरंगी लाइटों से रोशन किया जा रहा है

कृंभ मेले की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंज्याल का कहना है की मेले में राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से स्थानीय और पैरामिलिट्टी फोर्स भी लगाई गई है विशेष कमांडो दस्ते को भी तैनात किया गया है अन्य राज्यों के साथ तालमेल बनाकर आंतरिक सुरक्षा को फुलप्रूफ बनाने का काम किया गया है ड्रोन कैमरा से भी मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है वहीं साध् संत भी सुरक्षित महाकुंभ के लिए प्रतिबद्ध है जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज का कहना है कि कोरोना से संबंधित मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मेला सफल कराने की सभी संत और प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं मौसम राज्य में आज रात से मौसम में बदलाव हो सकता है मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली टिहरी देहरादून पिथौरागढ़ नैनीताल हरिद्वार और पौड़ी में आज रात हल्की बारिश हो सकती है वहीं कल के लिए ऑरेज अनर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने कल उत्तरकाशी चमोली और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई है

इसके अलावा राज्य में कहीं कहीं ओलावृष्टि आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना भी बनी हई है जादंग वैली उत्तरकाशी जिले के दूरस्थ गांव जादूंग वैली एक बार फिर से ग्लजार होगी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा है कि जादूंग के ग्राम बगोरी के लोगों के प्राने घरों को होम स्टे के रूप में विकसित करवाया जाएगा ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकें उन्होंने जादूंग और नेलांग गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया जिलाधिकारी ने कहा कि जिन स्थानीय समुदाय की यहां जमीन और घर हैं उनके विकास के लिए हर सम्भव कार्य किए जाएंगे सरकार की होम स्टे जैसी महत्वकांक्षी योजना से ग्रामीणों को जोड़ा जाएगा जिससे रिवर्स पलायन हो

तब इन्हें बगोरी और ड्डा में बसाया गया था ग्रामीणों की लगातार मांग रही है कि उन्हें वापस अपने पैतृक निवास स्थान पर बसाया जाए

जिलाधिकारी विनीत तोमर ने श्री पूर्णागिरि धाम की आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ बैठक की जिलाधिकारी ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्य चिकित्साधिकारी आरपी खण्डूरी को श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग करने के निर्देश दिए उन्होंने प्लिस विभाग को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर होमगार्ड्स और पीआरडी के जवानों की भी तैनाती की जाएगी